विधानसभा में बजट सत्र के ग्यारहवें दिन सदन शुरू होते ही विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा

सचिवों की तैनाती राज्यों में की जाएगी और ये राज्यों के अधिकारियो के साथ संक्रमण से निपटने की तैयारियों और उपायों के लिए समन्वय स्थापित करेंगे इन सभी अधिकारियों की आज बैठक होगी

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर एक सौ सैंतालिस हो गयी है

इधर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है इस समय आईसीएमआर में बहत्तर प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं इसमें सीएसआईआर डीआरडीओ डीबीटी सरकारी मेडिकल कॉलेज सहित सरकारी प्रयोगशालाओं को भी शामिल किया है और ऐसी उनचास प्रयोगशालाओं में जांच सुविधा इस सप्ताह के अंत तक शुरू हो जाएगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को बड़ी सभाओं और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से बचना चाहिए यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बूखार हो तो उसे अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना चाहिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी आंख नाक और मूंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें समी को बार बार साबून से हाथ धोने चाहिए या अल्कोहल भिश्रित पदार्थ से हाथ मलने चाहिए खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए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

राज्य के सभी जिलों में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इस संकमण को फैलने से रोका जा सके उपायुक्तों द्वारा लागातार बैठकें कर स्थिति की समीक्षा कर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है

पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए चाईबासा सदर अस्पताल चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल किरीबुरू स्थित सेल अस्पताल और नोवामुंडी स्थित टाटा स्टील के अस्पताल में संदिग्ध मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है वहीं संदिग्ध मरीजों के लिए भी अलग से स्थल चयनित किए गए हैं जहां उनकी चिकित्सकीय निगरानी की जा सकेगी पूर्वी सिंहभूम जिले में मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति नगर विकास एवं आवास विभाग और नगर निगम साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहा है होटलों में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की सूचना देने का निर्देश दिया गया है सभी स्थानों पर फागिंग की व्यवस्था की गई है

इनमें लंबी दूरी की कई प्रमुख रेलगाडियां भी शामिल हैं

विधानसभा में बजट सत्र के ग्यारहवें दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने कई मुददों को लेकर हंगामा किया इस दौरान भाजपा विधायकों ने चाईबासा नरसंहार का मामला उठाया और इसकी न्यायिक जांच की मांग की वहीं विधायक सरयू राय ने पूर्व की रघुवर सरकार के कार्यकाल में एक निजी कंपनी को पथ निर्माण से संबंधित कार्य आवटित करने पर सवाल खर्ड किये उन्होंने आरोप लगाया कि बिना अनुभव वाली कंपनी को काम दिया गया सरकार ने इस मामले की विधानसभा समिति द्वारा जांच कराने का आश्वासन दिया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने स्थानीयता नीति को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है इसमें कमेटी में तीन सदस्य होंगे जिसके लिए मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया है वहीं मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन का भी निर्णय लिया है

छह महीने में यह कमेटी अँपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी वहीं हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल में न्यायिक दंडाधिकारी के दो कार्यालय खोलने और समी प्रखंड कार्यालयों में विधायकों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी वहीं स्टीफन मरांडी को बीस सूत्री कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है दो सीटों के लिए तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कांग्रेस की ओर से शहजादा अनवर और झामुमो की ओर से पार्टी प्रमुख शिव् सोरेन उम्मीदवार हैं

पाकृड़ जिले में झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तहत गठित सखी मंडल की महिलाओं ने आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विशेष पहल की है इस सिलसिले में उन्होंने साप्ताहिक हाट लगाना शुरू किया है

कल विधानसभा में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विधायक कमलेश सिंह के सवाल का जवाब देते हुये यह जानकारी दी श्री पत्रलेख ने कहा कि पुलिस छोटे बालू वाहनों की जांच नहीं करेगी